प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योग को जीवन के अभिन्न अंग के रूप में अपनाने को कहा लोकसभा में तीन तलाक विधेयक पेश वस्तु और सेवाकर परिषद ने वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढाई

प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हुई बूंदा बांदी और वर्षा से लोगों को गर्मी से मिली राहत

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री कई केन्द्रीय मंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने देशभर के कई स्थानों पर सामूहिक योग में हिस्सा लिया राष्ट्रपति रामनाथ कोविद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि योग मानवता के प्रति भारत का उपहार है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लालकिले में आयोजित समारोह में कहा कि योग को आज शारीरिक चुस्ती फूर्ती और स्वस्थ बने रहने का उपाय माना जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले पांच वर्षो में सरकार ने स्वास्थ्य और आरोग्य को योग के साथ इस प्रकार जोड़ा है कि यह स्वास्थ्य सेवा का एक प्रमुख स्तम्भ बन गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित विशाल योग शिविर में प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते समय में आरोग्य के साथ साथ बीमारियों से बचाव पर भी जोर दिया जाना चाहिए बीते पांच वर्षों में योग को हेत्थ और वेलनेश के साथ जोड़कर हमारी सरकार ने इसे प्रीवेंटिव हेत्थकेयर का मजबूत स्तम्भ बनाने का प्रयास किया है आज हम यह कह सकते हैं कि भारत में योग के प्रति जागरूकता हर कोने तक हर वर्ण तक पहुंची है

उन्होंने आधुनिक योग को ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में ले जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गरीब और आदिवासी के घर तक योग को पहुंचाना है इसलिए ऐसे समय में जब देश में गरीबी कम होने की रफ्तार बढ़ी है योग उन लोगों के भी एक बड़ा माध्यम है जो गरीबी से बाहर निकल रहे हैं आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने अपने संबोधन में कहा योग को आम लोगों तक पहंचाने के लिए और अधिक योग शिक्षकों की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने योग प्रमाणन बोर्ड बनाया है जो योग के प्रशिक्षकों और प्रशिक्षण स्कूलों को प्रमाणित करेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि योग दुनियाभर में एक जन आन्दोलन बन गया है विश्वभर में योग एक अब जन आंदोलन बन चुका है और आज करोड़ों करोड़ों लोगों ने दुनियाभर में ये पाठ किए हैं ये जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा यह भारत की विश्व को एक देन है यह जीवनशैली का एक विषय है और हिस्सा बनाना चाहिए और साथ ही साथ यह आरोग्य और समृद्धि और शांति तीनों कायम करेगी ये मुझे विश्वास है प्रदेश में भी योग दिव्स बड़े स्तर पर मनाया गया मुख्य आयोजन राजधानी लखनऊ में राजभवन में आयोजित किया गया जिसमें राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया इस अवसर पर बोलते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग सबको जोड़ता है योग अपने आप को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है यह विद्या न कंवल हमे निरोग बनाती है अपित् आध्यात्मिक उन्नयन कं माध्यम से इस चरावर जगत के उन सभी रहस्यों को उद्घाटन करने का एक अवसर भी हमको प्रदान करता है जिन्हें हम सामान्य रूप से अपने मूल तथ्यों से देखने में असमर्थ होते हैं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बिजनौर में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा अधिकारियों के साथ योगाभ्यास किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के हमारी सनातन परम्पराओं व संस्कृति के प्रति गहरे अनुराग का ही प्रतिफल है कि संयुक्त राष्ट्र से इक्कीस जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिली ऊर्जा मंत्री ने कहा पूरे देश भर में दुनिया के अन्दर सबने योग किया है और उत्तर प्रदेश ने खास तौर से चाहे स्कूल के बच्चे हों चाहे सीनियर सिटिजन हों सव ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और लगभग सभी डिप्रिक हेड क्वार्टर पर बहुत बड़े आयोजन योग हुये हैं और सभी लोगों ने उसमें हिस्सेदारी ली लखनऊ में प्रादेशिक लोक सम्पर्क ब्यूरो सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में एक योग शिविर और करें योग रहे निरोग वित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया अयोध्या में स्पोर्टस स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह सहित बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की केन्द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल लोकसभा में मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार सुरक्षा विवेयक दो हजार उन्नीस पेश किया जैसे ही विधि मंत्री विधेयक पेश करने के लिए खड़े हुए विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई विधि मंत्री ने कहा कि नव निर्वावित सदन में विधेयक फिर से लाया जा रहा है जो स्वीकृत नियमों के अंतर्गत सही है उन्होंने कहा कि देश में तीन तलाक के मामले बढ़ रहे है और यह विषेयक महिलाओं को न्याय और अधिकार प्रदान करेगा कांग्रेस सांसद शशि थरूर और आरएसपी के एमके प्रेम चन्द्रन ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का विरोध करती है वस्तु और सेवाकर यानी जी एस टी परिषद् ने पंजीकरण के नियमों को सरल बना दिया है जी एस टी के तहत व्यापार के पंजीकरण के लिए अब आधार का उपयोग किया जाएगा पहले लोगों को अनेक दस्तावेज जमा करने होते थे अब आधार के इस्तेमाल से व्यापारियों को अनेक लाभ होंगे वित्तमंत्री सीतारामन ने परिषद की पैंतीसवीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हए कल नई दिल्ली में कहा कि बैठक सौहाईपूर्ण वातावरण में हुई उन्होंने कहा कि कर्नाटक मिजोरम और तेलंगाना के वित्तमंत्री अपने पहले से निर्धारित कार्यक्रम के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके राजस्व सचिव अजय भूषण पाण्डेय ने पत्रकारों को बताया कि जी एस टी परिषद् ने उन इकाइयों पर दस प्रतिशत का जुर्माना लगाने को मंजूरी दे दी है जो जी एस टी दरों में कटौती का लाभ उपमोक्ताओं तक नहीं पहंचायेंगे उन्होंने कहा कि परिषद् ने जी एस टी के तहत दाखिल किए जाने वाले वार्षिक विवरण की अंतिम तारीख दो महीने के लिए बढ़ा दी है अब तीस अगस्त तक ये विवरण जमा किए जा सकेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के तहत तीस जून को सवेरे ग्यारह बजे देश और विदेश में बसे भारतीयों से अपने विचार साझा करेंगे नरेन्द्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मन की बात का यह पहला संस्करण होगा एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे तथा देशवासी एक बार फिर रेडियो के माध्यम से मिलकर एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सकारात्मकता और उत्साह साझा करेंगे प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि मन की बात के लिए लोगों के पास कहने को बहुत कुछ है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 प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं लोग नमो ऐप खुला मंच और माइ गोव खुला मंच के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से सीधे विचार साझा कर सकते हैं लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल करके मी हिन्दी अथवा अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं इनमें से कुछ संदेश मन की बात के प्रसारण में शामिल किए जा सकते हैं और कुछ सुझायों की चर्चा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कर सकते हैं लोग एक नौ दो दो नम्बर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से प्राप्त लिंक पर प्रधानमंत्री के पास सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाये हैं कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि भारत में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह के इंडियन पेनोरमा खण्ड के लिए सँतालिस फिल्मों का चयन किया जाता है इनमें से छबीस कथा फिल्में होती हैं और इक्कीस विभिन्न भारतीय भाषाओं की गैर कथा फिल्में होती हैं प्रदेश के कुछ स्थानों पर हुई गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत मिली है पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षो का क्रम बीती रात से जारी है मौसम वैशेषज्ञों के अनुसार मानसून बिहार के पूर्णिया जिले तक पहुंच गया है इसके छबीस जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में दस्तक देने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है विशेषज्ञों के अनुसार इसके लिए वायुमण्डलीय माहौल भी तैयार है और बंगाल के खाड़ी के ऊपर हवा के कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र के रसूलपुर पेतिया गांव में कल करंट लगने से चार बच्चों की मौके पर ही मौत हो गयी यह दुर्घटना उस समय हुई जब बच्चे ट्यूबवेल पर नहा रहे थे कि पानी में अचानक करंट ऊतर गया